उन्होंने पैतुक सम्पत्ति के बंटवारे माता पिता द्वारा सम्पत्ति का सन्तान के पक्ष में सेटलमेंट करने और पति की ओर से पत्नी के पक्ष में निष्पादित भेंट के दस्तावेज पर स्टाम्प ड्यूटी को पूरी तरह से माफ करने की घोषणा की

इससे पहले चर्चा में भाग लेते हुए प्रतिपक्ष के नेता गुलाब चंद कटारिया ने कई मुद्दों पर सरकार को घेरा और कहा कि सरकार को किसानों और युवाओं से किये तीन बडे वादे पूरे करने चाहिए उन्होंने कहा कि राज्य में पर्यटन के क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं लेकिन विभाग को बहुत कम बजट दिया गया है

उन्होंने कहा कि बजट प्रावधानों में दी गई सौगातों में क्षेत्र की जनता को ट्रोमा यूनिट सरकारी कॉलेज नेचर पार्क सहित ड्रेनेज जैसी सुविधाएं मिलेगी

राज्यसभा ने कल इसे सर्वसम्मति से मंजूरी दी लोकसभा इसे पहले ही पारित कर चुकी है इस विधेयक में जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा के लिए अनियमित जमा योजनाओं पर रोक लगाने के लिए एक व्यापक तंत्र का प्रावधान है इस विधेयक में जमाकर्ताओं की राशि के भुगतान के लिए संपत्ति या परिसंपत्ति जब्त करने का भी प्रावधान किया गया है वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि यह कानून बनने से पोंजी योजनाओं के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जा सकेगी उन्होंने कहा कि इस कानून से गरीबों के हितों की रक्षा होगी

इसके तहत कंपनियों और व्यक्तियों के दिवालिया हो जाने की स्थिति के समाधान के लिए समयबद्ध प्रक्रिया का प्रावधान है

उन्होंने कहा कि ये विधेयक लाने का उद्देश्य दुविधा दूर करना और संबंधित अधिनियम के मूल इरादों के खिलाफ काई भी तर्क न मानने को सुनिश्चित करना है

नई दिल्ली में कल राज्य और केन्द्र शासित वक्फ बोर्ड के राष्ट्रीय सम्मेलन में अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए बड़े पैमाने पर भौगोलिक सूचना आकलन प्रणाली का इस्तेमाल किया जायेगा

विज्ञान और पर्यावरण केंद्र और इसकी हरित मानक परियोजना ने ये रिपोर्ट तैयार की है

इस अवसर पर श्री जावड़ेकर ने कहा कि समय आ गया है कि पर्यावरण की स्थिति की समीक्षा तीसरे पक्ष से कराई जाए

आबकारी निरीक्षक मूमल बूब का दो दिन पहले बारां तबादला हो गया था रिलीव होने से पहले उसने शराब ठेकेदार से तीन दुकानों की मासिक बंधी लेने के लिए कांस्टेबल को भेजा था कांस्टेबल को रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया

बज्जू थानाधिकारी से मिली जानकारी के अनुसार कैम्पर और वेन में आमने सामने की टक्कर में ये हादसा हुआ

कल भी ट्रेन का संचालन नहीं हुआ और आज भी ट्रेन नहीं चलेगी वाटर ट्रेन डिग्गियों की सफाई के बाद चलाई जाएगी

बारिश से कई बांधों के साथ बीसलपुर बांध में भी पानी की आवक जारी है कई नदियां उफान पर है बूंदी और कोटा में कॉलोनियों में भरा पानी लोगों की परेशानी का सबब बना हुआ है मौसम विभाग के अनुसार कल तक प्रदेशभर में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है

बाडमेर जिले में देर रात तक रूकरूक कर बारिश का दौर जारी रहा